कैबिनेट की बैठक के बाद संवाददाताओं को जानकारी देते हुए वित्तमंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि इन कार्यक्रमों का लाभ दस करोड़ से अधिक अनुसूचित जनजातियों के सदस्यों को होगा

इस दो दिवसीय फेस्टिवल का आयोजन चांगलांग जिले का पूर्वोत्तर क्षेत्रीय समुदाय संसाधन प्रबंधन परियोजना नरकोर्म्प जिला प्रशासन के सहयोग से कर रहा है फेस्टिवल के दौरान जिले के सभी उनतीस नरकोर्म्प स्वयं सहायता समूह फेडेरेशन अपनी अपनी कृषि एवं गैर कृषि उत्पादों की प्रदर्शनी लगाएगी नरकोर्म्प जिला परियोजना निदेशक एन सुखजित ने कहा कि यह फेस्टीवल स्वयं सहायता समूहों और समुदायों के लिए अपनी उत्पादों को प्रदर्शित करने और एक दूसरे से बातचीत तथा विचारों का आदान प्रदान करने का सही मंच है हिमालयन विश्वविद्यालय के न्यीशी छात्र समुदायों ने कल विश्वविद्यालय परिसर जुलांग में पूर्व न्योकुम त्योहार मनाया कार्यक्रम के मुख्य अतिथि स्थानीय विधायक तेची कासो ने जनजातीय समुदायों की पहचान की सुरक्षा के लिए अपनी संस्कृति एवं परपंरा के संरक्षण के महत्व पर जोर दिया उन्होंने कहा कि त्योहार एकता एवं भाईचारे के संदेश को फैलाने और विभिन्न समुदायों के बीच सांप्रदायिक सौहार्द को बढ़ावा देने का मंच प्रदान करता है समारोह में विश्वविद्यालय के कई सांस्कृति टोलियों ने पारंपरिक नृत्य प्रस्तुत किए शापांग यांग मनऊ पोई महोत्सव का चौतीसवां संस्करण नामसाई में शुरु हो गया है ये महोत्सव सिंगफो जनजाति की संस्कृति के उत्सव के रुप में मनाया जाता है यह द्रसरी बार है कि यह महोत्सव नामसाई मुख्यालय में आयोजित किया जा रहा है सिंगफो प्रमुख दुवा निंगरु जाजा मियाओं ने इस दौरान सिंगफो ध्वज फहराया और युवाओं से अपनी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करने का आह्वान किया उन्होंने मादक पदार्थो के सेवन से बचने और शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ने की भी अपील की मियाओं भारत के पहले चाय उत्पादक निंगरुला के वशंज है समारोह के दौरान सामुदायिक नृत्य की प्रस्तुति की गई जिसमें बड़ी संख्या में लोगों ने हिस्सा लिया इस महोत्सव के लिए असम और अरुणाचल प्रदेश के विभिन्न हिस्सो से सिंगफो प्रतिनिधि शामिल हो रहे है जानी मानी सामाजिक कार्यकर्ता और नीशी समुदाय की पहली महिला एमबीबीएस डॉक्टर ताबा निरमली का कल ईटानगर स्थित उनके आवास में निधन हो गया सोलह जनवरी उन्नीसो चौसठ को पापुम पारे जिले के गुमतों में जन्मी डॉक्टर निरमली ने उन्नीसौ अट्ठासी में एमबीबीएस करने के बाद सरकारी चिकित्सा अधिकारी के रुप में अपने करियर की शुरुआत की थी समाज हित के लिए चिंतित और सक्रिय रहने वाली डॉ निरमली ने अपने घर को ही एक अस्पताल के रुप में परिवर्तित कर दिया था जो चिकित्सा के क्षेत्र में अरुणाचल प्रदेश की जरुरतों के मद्देनजर अपनी तरह का पहला प्रयास था उन्होंने अपने सहयोगी चिकित्सा डॉ एम जिनी और और डॉ बेंगिया माला के साथ उन्नीस सौ निन्यानवें में निबा अस्पताल की स्थापना की थी उन्नीस सौ निन्यानवें में कैंसर के कारण अपनी बहन की मृत्यु के बाद उन्होंने अरुणाचल कैंसर सोसायटी की सह स्थापना की उन्होंने अपने अस्पताल में स्माइल ट्रेन प्रोजेक्ट की भी शुरुआत की जिसके तहत अबतक छह सौ से ज्यादा लोगों की सर्जरी की जा चुकी है दो हजार ग्यारह में स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति लेने के बाद डॉ निरमली ने दो हजार चौदह में विधानसभा चुनाव भी लड़ा था बाद में उन्हें भाजपा का राज्य सचिव नियुक्त किया गया था वे कुछ समय के लिए अरुणाचल प्रदेश राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष भी रही थी डॉ निरमली के निधन पर समाज के विभिन्न क्षेत्रों खासतौर से चिकित्सा जगत और आम लोगों ने गहरा शोक प्रकट किया है डॉ निरमली को कल अंतिम विदाई दी जाएगी भारतीय कृषि अनुसंधान केंद्र के अधीन राष्ट्रीय मिथुन अनुसंधान केंद्र द्वारा ईस्ट सियांग जिले के लेद्रम गांव में मिथ्रन मेला सह तकनीक जागरुकता कार्यक्रम आयोजित किया गया इस मेले में किसानों को वैज्ञानिक पद्धति से मिथुन का पालन कर आय को बढ़ाने के बारे में जानकारी दी गई

मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने तामलाडू के अवसर पर लोगों को बधाई देते हुए मिश्मी समुदाय से नशे की लत के खिलाफ एक जूट खड़े रहने और समाज को उन्नति एवं विकास की राह पर ले जाने को कहा